इसके साथ ही राज्य में अब कोविड की क्ल पंद्रह हजार नौ सौ चार मामले हो गए है नए मामलों में ग्यारह मामले राजधानी क्षेत्र ईटानगर से लोअर दिबांग वैली और ईस्ट सियांग से छह छह वेस्ट कामेंग से चार वहीं तवांग पाप्मपारे और अपर सियांग से दो दो इसके अलावा पाक्के केसांग शी योमी और वेस्ट सियांग़ जिले से एक एक मामले सामने आए है कल छप्पन कोविड मरीज स्वस्थ हए है जिन्हें अस्पतालों से छ्ट्टी दे दी गई है

राज्य में ठिक होने की दर बानबे दशमलव शून्य सात प्रतिशत है अब तक कोरोना से अड़तालीस मौते हो च्की है

राजधानी ईटानगर में मंगलवार को आयोजित एक प्रेस कांफ्रेंस में आप्सू अध्यक्ष हवा बागांग ने राज्य चुनाव आयोग दवारा स्थानीय निकाय के चुनाव को वर्तमान स्थिति पर कराए जाने के निर्णय पर निराशा जतायी है च्नावी प्रक्रिया को प्रा न करने का आरोप लगाते हुए श्री बागांग ने कहा कि इस संबंध में लोगों की ओर से भी संघ को शिकायते मिल रही है उन्होंने बताया कि संघ ने मंगलवार को राज्य च्नाव आयोग को एक निरुपण सौंपा है इधर राज्य में शहरी निकाय और पंचायत च्नाव की गतिविधियां जोर पकड़ रही है बहत से संभावित उम्मीदवार एक दल से द्रसरे दल में शामिल हो रहे है आज ईटानगर स्थित जिला भाजपा कार्यालय में पूर्व पार्षद किपा ताकुंग अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस समिति के सचिव किपा निबा और व्यवसायिक समुदाय के कई सदस्यों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की प्रदेश भाजपा महासचिव जिगन् नामच्म उपाध्यक्ष तार्ह ताराक और ईटानगर राजधानी क्षेत्र भाजपा इकाई के अध्यक्ष तार्ह सोपिंग इस अवसर पर उपस्थित थे श्री नामच्म ने पार्टी कार्यकर्ताओं से राज्यभर में कोविड दिशानिर्देशों के बारे में जागरुकता पैदा करने की अपील की

इस अवसर पर ग्रामीणों ने प्रतिनिधि मंडल का स्वागत किया और एडवांस लैंडिंग ग्राउंड बनाने का आग्रह किया

स्थानीय विधायक रोदे ब्ई और अन्य जन प्रतिनिधियों ने अंतर मंत्रालय दल को जमीन की उपलब्धता और परियोजना के लिए पूर्ण सहयोग का भरोसा दिलाया नागरिक उड्डयन मंत्रालय के प्रतिनिधि वरुण राय ने कहा कि राज्य में दो एडवांस लैंडिंग ग्राउंड की स्थापना के लिए उपय्क्त स्थल को लेकर दल के सदस्य दौरा कर रहे है

उन्होंने हस्तशिल्प और हथकरघा केंद्र का निरीक्षण किया श्री ब्ई ने हथकरघा केंद्र में ट्रेनर और ट्रेनी के साथ उपलब्ध स्विधाओं के बारे में बातचीत की उन्होंने कहा कि हथकरघा केंद्र में जरुरी स्विधाओं के विकास के लिए उदयोग मंत्री और प्राधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे श्री रोदे ब्ई ने कहा कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए हस्तशिल्प उद्योग के विकास को प्राथमिकता दी जाएगी

अभियान दल को अट्ठाईस अक्टूबर को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था और वे तेरह नवंबर को लौट आए इस अभियान को सिमोंग गांव के स्थानीय पर्वातोरोहियों ने आयोजित किया था इसका मकसद स्थानीय लोगों के बिच पहाड़ों और वन्य जीवों के महत्व के प्रति लोगों के बिच जागरुकता पैदा करना था

ब्यूरो ने कहा है कि क्छ अंतरराष्ट्रीय समाचार पोर्टलों ने भ्रामक समाचार प्रकाशित किए हैं और लद्दाख में भारत चीन सीमा गतिरोध से संबंधित आधारहीन दावे किए हैं पीआईबी ने यह भी कहा कि भारतीय सेना ने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसी कोई घटना नहीं हई है

इसका आयोजन भारत में होने वाला था